राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्ट टैग आज से अनिवार्य हो गया है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संकलन प्रणाली लागू की है जिससे फास्टैग के माध्यम से शुल्क संकलित किया जाएगा और समय तथा ईंधन की बचत प्रद्षण में कमी और यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा फास्टैग के इस्तेमाल से चालकों को शुल्क के भुगतान के लिये टोल प्लाजा पर अपने वाहन रोकने की आवश्यकता नहीं होगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर शुल्क संकलन के लिये इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रणाली लगाई है फास्टैग के प्रयोग से रेडियो फ्रीक्वेन्सी पहचान प्रौद्योगिकी के माध्यम से चलते वाहन से टोल शुल्क का भुगतान किया जाता है अगर कोई चालक बिना फास्टैग लगे वाहन को इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह लेन में ले जाता है तो उसे दुगना शुल्क देना होगा इससे पहले यह तय किया गया था कि टोल प्लाजा पर एक लेन को छोड़कर सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित किया जाएगा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में एक हजार तेईस त्वरित अदालतें खोली जायेंगी इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हये श्री प्रसाद ने कहा कि दुष्कर्म मामले की जांच दो माह में पूरी हो और छह माह के भीतर उसका ट्रायल हो जाय यह कोशिश है स्टार्टअप योजना पर बल देते हुये उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल पच्चीस हजार स्टार्टअप हैं और भारत दूनिया का तीसरा स्टार्टअप वाला देश बन गया है केंद्र सरकार ने शिवदास मीना को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थायी चेयरमैन नियुक्त किया है उन्नीस सौ उनासी बैच के तमिलनाड़ कैडर के आइएएस अधिकारी श्री मीना फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में पदस्थापित हैं पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दो हजार चौबीस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मेट्रो निर्माण में केंद्र और राज्य की पचास पचास प्रतिशत की भागीदारी है इस प्रोजेक्ट के लिये केंद्र सरकार पचास करोड़ रूपये की राशि जारी कर चुकी है केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के सभी एक सौ एक अनुमंडलों के एक गांव और एक स्कूल बिजली बचत करने के मामले में मॉडल बनेंगे बिहार रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा के अंतर्गत नालंदा के एक गांव से बिजली बचाने का अभियान शुरू हो गया है

इसके अंतर्गत नालंदा के पांच जमुई के एक कैमूर और भोजपुर के दो दो गांव का चयन किया गया है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पूर्वी बिहार के भागलपुर बांका और नवगछिया जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से जारी भीषण सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए भागलपुर के विक्रमशिला गंगा प्रल के समानांतर पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा श्री चौधरी ने भागलपुर में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विक्रमशिला पुल के सामानांतर बनने वाले स्थाई पुल के निर्माण में काफी समय लगने के कारण तत्काल वहां पर पीपा पुल की व्यवस्था करवाई जाएगी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सामान्य मतदाता सूची में अठारह वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का नाम जोड़ने का कार्य कल से शुरू होगा मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिये आवेदन पंद्रह जनवरी तक स्वीकार किये जायेंगे प्रदेश के दो सौ तैंतालीस विधान सभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा मतदाता प्रारूप सूची को देखकर अपने नाम और पता में संशोधन भी करा सकते हैं मनरेगा में बेहतर कार्य करने के लिये नवादा जिले को राष्ट्रीय मनरेगा अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उन्नीस दिसंबर को नई दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें नवादा सहित देश के अठारह जिलों के जिलाधिकारी को सम्मानित किया जायेगा केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की संयुक्त नेट परीक्षा आज देश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है इधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि असम और मेघालय में मौजूदा स्थिति के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है इन दोनों राज्यों में संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी कश्मीर और उत्तरखंड में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड में वृद्धि जारी है मौसम विभाग ने पूर्वानूमान में कहा है कि प्रदेश में सोलह दिसंबर तक चक्रवाती हवाओं का प्रभाव रहेगा इसके बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जायेगी साथ ही सुबह में कोहरे का भी असर देखा जायेगा राज्य में सबौर और डेहरी सबसे ठंडा स्थान रहा इधर रेलवे ने कोहरे के दौरान सुरक्षित ट्रेनों के परिचालन को लेकर कल से इकतीस जनवरी तक बारह जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं उन्नीस जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को सप्ताह में एक से चार दिनों तक रद्द और चार ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की पांच मोटरसाइकिल के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है सारण जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवपुरा गांव के निवासी संदीप शाही को दिल्ली शहर की बेहतरी और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने के लिये दिल्ली स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है संदीप दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं

बांका में खेली जा रही सत्तरवीं बिहार राज्य मोईनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप में मुंगेर भागलपुर रोहतास और जमालपुर रेल की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है प्रतियोगिता के तीसरे चक्र में मुंगेर ने पूर्णिया को भागलपुर ने मधुबनी को रोहतास ने कटिहार को और जमालपुर रेल ने औरंगाबाद को पराजित किया पंजाब में आयोजित नेशनल स्कूल एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के रोहित सिंह ने रजत पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है नागरिकता पर सियासी संग्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पूर्वोत्तर को सुलगा रहा विपक्ष राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है नमामि गंगे से फूटेगी अर्थ की धारा दैनिक भास्कर की सुर्खी है राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सुशील मोदी ने उठाया मुद्दा बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिये गाद नीति बनाये केंद्र प्रभात खबर लिखता है मुख्यमंत्री की तीसरे चरण की हरियाली यात्रा मंगलवार से कैबिनेट की बैठक ब्रधवार की शाम गया में होगी आज अखबार का शीर्षक है इक्कीस जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी

और बांका में खेली जा रही सत्तरवीं मोईनुलहक फुटबॉल प्रतियोगिता में मुंगेर भागलपुर रोहतास और जमालपुर रेलवे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची